मॉनसून लगातार तीसरे दिन भी रहा सक्रिय भारी वर्षा से विभिन्न सड़क मार्ग अवरूद्ध किन्नर कैलाश और श्रीखंड यात्रा पर लगी रोक प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए बनी वरदान और ई निर्वाचन क्षेत्र मेनेजमेंट विषय पर शिमला में कार्यशाला का आयोजन नड्डा हेपेटाइटिस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बने वायरल हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम से व्यापक बदलाव लाया जा सकेगा उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों और समी पक्षों की सक्रिय भागीदारी से इस कार्यक्रम को लागू करेगी विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए नड्डा ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्रों में हेपेटाइटिस की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी कार्यक्रम का उद्देश्य हेपेटाइटिस रोगियों की संख्या को कम करना और मृत्यु दर को घटाना है इस कार्यक्रम से करीब पांच करोड़ लोगों को लाभ होगा उधर लोकसभा में चीफ व्हिप और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हेपेटाईटिस से बचाव में जागरूकता की अहम भूमिका है

एम्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिलासपुर में बनने वाले एम्स की प्रगति की आज नई दिल्ली में समीक्षा की स्वास्थ्य मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी के साथ हुई इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कंपनी को समय सीमा से पूर्व कार्य सम्पन्न करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए इस दौरान केंद्रीय मंत्री के समक्ष एम्स का डिजाईन भी प्रस्तुत की गई नड्डा ने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बिलासपुर को एम्स में हैलिपैड के निर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया मौसम प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहने से बारिश का दौर आज तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा विभिन्न स्थानों पर व्यापक वर्षा से जहां नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन से सौ के करीब सड़क मार्ग अवरूद्व हो गए हैं

खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने फिलहाल श्रीखंड यात्रा पर रोक लगा दी है

खराब मौसम के चलते प्रशासन ने अगले आदेशों तक किन्नर कैलाश यात्रा पर भी रोक लगा दी है

किन्नौर व शिमला ज़िला प्रशासन ने सतलुज व पब्बर नदियों सहित अन्यों नालों व खड्डों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया है उधर सिरमौर ज़िला में भारी वर्षा बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए संबंधित विभागों को अधिकारियों को अवकाश पर न जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किए जा सके

इस दौरान मंडी से जोगिंद्रनगर के लिए वाहनों की आवाजाही पधर से नोहली और जोगिंद्रनगर से मंडी के लिए घटासनी वाया कटिंडी कर दी गई है भारी वर्षा से सोलन ज़िले के सुलतानपुर के समीप आंजी गांव में फोरलेन निर्माण में डंपिंग के मलबे से तीन दुकानों एक मकान सहित तीन गाड़ियों को नुकसान हुआ है कसौली विधानसभा क्षेत्र के धाली गांव में भी एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में भी रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी रहा

माजपा भाजपा के चुनाव प्रबंधन विभाग की बैठक आज प्रदेश प्रभारी खुशीराम बालनाहटा की अध्यक्षता में शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल में हुई बैठक में राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के लिए आवश्यक केंद्रीय प्रबंधन व चुनाव संचालन में पार्टी कार्यकर्ताओं पर दायर होने वाले मुकदमों पर रणनीति और उन पर अमल करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मंडी जिले के नैर चौक में पिछले दिनों हुए अग्निकांड हादसे से प्रभावित परिवार से आज मुलाकात की उन्होंने शोक ग्रस्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मिक शांति की कामना की इस अग्निकांड में पांच लोगों की मौत हो गई थी मुद्रा योजना भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और हमीरपुर जिला सहकारी विकास संघ के निदेशक विशाल पठानिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हुई है इस योजना से युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में भी सहायता मिली है उन्होंने कहा कि छोटे स्तर पर स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों की औपचारिकताएं काफी कठिन थी और ऐसे में मुद्रा बैंक से युवाओं को छोटे स्तर पर स्वरोजगार शुरू करना सरल हो गया है मध्यस्थता सोलन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सोलन किन्नौर सिरमौर और शिमला के प्रशिक्षित मध्यस्थतों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला लगाई गई है अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल ने बताया कि न्यायालय में बढ़ते दबाव को देखते हुए इस कार्यशाला में मध्यस्थता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मामलों के अदालत के बाहर ही निपटाए जाने से लोगों को भी सहुलियत होगी मृदा स्वास्थ्य किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम दिलाने और उनके उत्पादों में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है योजना के तहत किसानों के खेतों में मिट्टी की निशुल्क जांच की जाती है

जिले की आर्थिक कृषि पर निर्भर करती है और किसानों का अधिकतर समय खेती में व्यतीत हो रहा है

निश्चित तौर पर ये योजना किसानों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है और किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने में मददगार बनेगी संजीव सुंद्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला कार्यशाला प्रदेश विधानसभा द्वारा ई निर्वाचन क्षेत्र मैनेजमेंट विषय पर आज शिमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई शिमला शहरी ग्रामीण और कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्रों के जिला व उपमंडल स्तरीय विभाग प्रमुखों के लिए आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा द्वारा ई विधान कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में अनुकरणीय पहल की गई है और अब प्रदेश के सभी विघानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ई निर्वाचन क्षेत्र मैनेजमेंट लागू किया जाएगा इसके तहत ऑनलाईन ई विधान एप्प के माध्यम से विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे साथ ही अधिकारियों को भी विधायक द्वारा विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे इस अवसर पर बिंदल ने अधिकारियों को ई विघान एप्प को यूजर आईडी और पासवार्ड भी प्रदान किए

डॉक्टर चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें विभिन्न वार्डों में निरीक्षण कर लोगों को घरों के आस पास साफ सफाई रखने के लिए जागरूक कर रही हैं बस सेवा चंबा ज़िले में किलाड़ चंबा वाया साचपास के लिए पथ परिवहन निगम की बस सेवा कल से आरम्म की जाएगी पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा ने बताया कि काहडूनाला भी वाहनों के लिए खोल दिया गया है